इस कायरतापूर्ण आतंकी हमले को विफल करने में सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों को राष्ट्र ने आज श्रद्वांजलि अर्पित की इस अवसर पर संसद भवन परिसर में श्रद्वांजलि सभा भी आयोजित की गई जिसमें उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित अन्य नेताओं ने शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की

उन्होंने कहा कि संसद की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले लोगों की वीरता और बलिदान को हम सदा याद रखेंगे वीरेंद्र कंवर कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अपात्र लाभार्थियों से रिकवरी की जा रही है और ये मामला विभाग के संज्ञान में है उन्होंने आज ऊना में कहा कि अपात्र लाभार्थियों की सूची ज़िले में सभी उपमंडलाधिकारियों को भेजी जा चुकी है और अपात्र लोगों को रिकवरी नोटिस दिए गए हैं

सुरेश भारद्वाज शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कोरोना को लेकर सख्ती बरतने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं शिमला ज़िले के रोहडू में आज अधिकारियों के साथ एक बैठक में उन्होंने कहा कि शादी समारोह में अधिक भीड़ इक्टठी न होने दे और सामाजिक दूरी के नियमों का पूरी तरह से पालन करवाया जाए सुरेश भारद्वाज ने कहा कि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सरकार ने प्रभावी कदम उठाए हैं और सभी उपायुक्तों व पुलिस अधीक्षकों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उन्होने कहा कि रोहड् अस्पताल में कोरोना को लेकर सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं

हैल्पलाईन मुख्यमंत्री हैल्पलाईन योजना से कोरोना मरीजों का मनोबल बढ़ाने मे मदद मिली है मुख्यमंत्री के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैल्पलाईन के माध्यम से प्रदेशभर में कोरोना मरीजों को व्यक्तिगत रूप से फोन कर रहे हैं जिससे उनका मानसिक तनाव कम हुआ है और उनका मनोबल बढ़ा है राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पिछले दिनों खुद भी कोरोना मरीजों को फोन कर उनसे संवाद किया और कुशलक्षेम पूछा प्रवक्ता ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी व कर्मचारी मुख्यमंत्री हैल्पलाईन पर कोरोना मरीजों से फीडबैक भी ले रहे हैं भाजपा प्रदेश भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने कहा है कि पंचायतीराज संस्थाओं के चुनावों के लिए भाजपा तैयार है और बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत किया जा रहा है वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से आज कुल्लू ज़िला भाजपा की एक बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता बूथ स्तर तक पार्टी की मजबूती के लिए काम कर रहा है खन्ना ने कहा कि सरकार व संगठन के संयुक्त प्रयासों से देवभूमि हिमाचल को देश का अग्रणी राज्य बनाया जाएगा इस अवसर पर शिक्षा मंत्री गोबिंद ठाकुर ने कहा कि कोरोना काल में प्रदेश की भाजपा सरकार व संगठन ने बेहतर कार्य किया है और करीब सवा दो लाख लोगों को बाहरी राज्यों से उनके घरों तक पहुंचाया गया है सांसद रामस्वरूप शर्मा ने भी वचुर्अल बैठक में भाग लिया मौसम प्रदेश के अधिकांश भागों में आज मौसम साफ रहा और दिनभर धूप खिली रही हालांकि राजधानी शिमला सहित कुछ क्षेत्रों में दोपहर बाद से घनी धुंध छाई हुई है